मुजफ्फरपुर के मनियारी में शराब कारोबारी और पुलिस के बीच हुयी झड़प

समाचार एजेंसी एएनआई के साथ विशेष भेंट में श्री मोदी ने महागठबंधन के विचार को खारिज करते हये कहा कि यह गठबंधन विकास के लिये नहीं बल्कि परिवारवाद को बढ़ावा देने के लिये है श्री मोदी ने कहा कि महागठबंधन के बारे में केवल यही देखा जाना बाकी है कि यह चुनाव के पहले टूटता है या चुनाव के बाद उन्होंने कहा कि लोकसभा में हाल हीं में पेश किये गये अविश्वास प्रस्ताव और राज्यसभा में उप सभापति के चुनाव के नतीजों से स्पष्ट हो गया कि विपक्ष का गठजोड़ कमजोर पड़ रहा है प्रधानमंत्री ने जाति आधारित आरक्षण समाप्त किये जाने के आशंका को खारिज करते हुये कहा कि आरक्षण हरहाल में जारी रहेगा और इस बारे में किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिये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

श्री गोयल ने पटना दीघा रेल खंड की इकहत्तर एकड़ से अधिक जमीन बिहार सरकार को सौंपा इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी केंद्रीय मंत्री आर के सिहं अश्विनी कुमार चौबे गिरिराज सिंह और रामकृपाल यादव समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे रेलमंत्री ने सुपौल अररिया नई रेल लाईन का शिलान्यास किया उन्होंने दरभंगा के बिरौल से हरनगर तक नई रेल लाईन का लोकार्पण और तीन जोड़ी ट्रेनों के परिचालन मार्ग का विस्तारण भी किया रेलमंत्री ने नव निर्मित रक्सौल नरकटियागंज आमान परिवर्तन का लोकार्पण करने के बाद इस रेलखंड पर चलने वाली पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया रेलमंत्री श्री गोयल ने महिला रेल यात्रियों के खिलाफ अपराधों की रोकथाम हेतु रेलवे सुरक्षा बल की महिला ट्कड़ी तेजस्विनी का अभिनंदन किया रेलमंत्री ने आरा स्टेशन पर आयोजित समारोह में आरा सासाराम रेलखंड के विद्युतीकरण कार्य का शिलान्यास किया उन्होंने आरा कारीसाथ कोइलवर और कुल्हड़िया रेलवे स्टेशनों पर फुट ओवर ब्रीज का शिलान्यास किया रेलमंत्री ने कई यात्री सुविधाओं का उद्घाटन और लोकार्पण किया यात्रियों की मांग पर रेलमंत्री ने हावड़ हरिद्वार ट्रेन के आरा में ठहराव की घोषणा की रेलमंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की भर्ती में महिलाओं को पचास फीसदी आरक्षण दिया जायेगा श्री गोयल ने पटना में समारोह को संबोधित करते हुये कहा कि बिहार में जिस तेज गति से विकास हो रहा है उसमें रेलवे की योजनाएं भी रफ्तार देगी उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों के प्रति आरपीएफ का कार्य सराहनीय है सरकार आरपीएफ की बहाली में महिलाओं को पचास फीसदी आरक्षण देगी भर्ती की प्रक्रिया पूरी तरह कम्प्यूटराइज्ड होगी श्री गोयल ने पटना में कहा कि छह हजार रेलवे स्टेशनों पर और सभी प्रमुख ट्रेनों में सीसीटीवी लगेंगे पटना घाट से पटना साहिब की जमीन भी जल्द ही बिहार सरकार को दी जाएगी उन्होंने कहा कि डालमियानगर में छह सौ करोड़ की रेल परियोजनाएं शुरू की जायेगी रेलमंत्री ने कहा कि अगले दस महीने के भीतर कोसी के ब्रिज का काम भी पूरा हो जायेगा रेल मंत्री ने कहा कि बिहार में बिजली के क्षेत्र में भी तेजी से विकास हो रहा है नवंबर दिसंबर तक बिहार के हर घर तक बिजली पहुंच जाएगी

जेल में छापेमारी के दौरान ठाकुर के पास से एक कागज जब्त किया गया जिसपर ये सभी नम्बर लिखे हुये थे सूत्रों ने बताया कि ये नम्बर रसूखदार लोगों के हैं ब्रजेश ठाकुर के बेटे राहुल आनंद से गहन पूछताछ के बाद सीबीआई को अहम जानकारी मिली है आनंद ने हाल ही में दो करोड़ से अधिक की जमीन जो बेची है उसके बारे में ब्यौरा एकत्रित किया जा रहा है

सूत्रों ने बताया कि दोनों से पूछताछ की जा रही है शेल्टर होम में हुई दो यूवतियों की मौत के बाद समाज कल्याण विभाग की टीम भी आसरा पहुंची है और फिलहाल मामले की जांच कर रही है इधर भागलपुर जिले में समाज कल्याण विभाग के बालिका गृह में लड़कियों की स्वास्थ्य जांच के लिये पहुंची महिला चिकित्सकों को स्वयंसेवी संस्था के संचालक ने जांच की अनुमति नहीं दी और चिकित्सा टीम बगैर जांच किये वापस लौट गयी इस मामले को समाज कल्याण विभाग ने गंभीरता से लेते हुये दोषी एनजीओ पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है बच्चियों की जांच के लिये चिकित्सकों की एक टीम कल फिर भेजी जायेगी

इस अधिनियम में बारह वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के साथ दुष्कर्म के दोषियों को सख्त सजा देने का प्रावधान है इनमें मौत की सजा भी शामिल है यह अधिनियम इस वर्ष इक्कीस अप्रैल को लागू अपराध निवारण संशोधन अध्यादेश के स्थान पर लाया गया है

राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने उन्हें राजभवन में पद की शपथ दिलाई इस अवसर पर मूख्यमंत्री नीतीश कुमार उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी विधान सभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी समेत अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे

बचाव में पुलिस को नौ चक्र फायरिंग करनी पड़ी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरप्रीत कौर ने बताया कि उपद्रवियों ने थाने की गाड़ी को भी तोड़ डाला उन्होंने बताया कि इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और लगभग सौ कार्टन शराब बरामद की गयी है

लेकिन साजिश के तहत उनकी सरकार को गिरा दिया गया श्री मांझी ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुये दावा किया कि मुजफ्फरपुर के बालिका गृह यौन शोषण कांड मामले में कई सफेदपोश जुड़े हुये हैं

इधर मौसम विभाग ने बिहार सहित देश के सोलह राज्यों में दो दिनों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है दक्षिण पश्चिम मॉनसून के सक्रिय होने के कारण आज और कल राज्य के विभिन्न हिस्सों में तेज बारिश होने का पूर्वानुमान है बिहार के अलावे झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी आज बारिश होने के आसार हैं

इस सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है गिरफ्तार तस्कर नेपाल से भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहा था

मिथिलांचल में कम्युनिस्ट आंदोलन के अगुवा रहे श्री ठाकुर पिछले कुछ दिनों से बीमार थे उनका अंतिम संस्कार आज शाम उनके पैतृक गांव कंशी में किया गया वामपंथी नेताओं ने विजयकांत ठाकुर के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है

हत्या का कारण भूमि विवाद बताया जा रहा है

वहीं जिले के कोढ़ा प्रखंड स्थित मध्रा पंचायत में वज्रपात की चपेट में आने से दो महिला झुलस गई इधर वैशाली जिले के हाजीपुर में वज्रपात के कारण दो लोगों की मौत हो गयी

मुजफ्फरपुर के मनियारी में शराब कारोबारी और पुलिस के बीच हुयी झड़प